उन्होंने कहा है कि पडोसी देश की प्राथमिकताओं के अनुसार भारत उसे सहायता देगा वे आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के साथ भारत और नेपाल के बीच पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति के लिए डाली गई मोतीहारी अमलेखगंज पाइप लाइन का उद्घाटन कर रहे थे दक्षिण एशिया में दो देशों के बीच इस तरह की ये पहली पाइप लाइन है

केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन चेन्नई कान्न मंत्री रविशंकर प्रसाद गुजरात के अहमदाबाद में वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी कोलकाता और संसदीय कार्य और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी गोवा में पत्रकारों से बातचीत करेंगे कुलस्ते केन्द्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने आज केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर मण्डला जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य जल्द से जल्द कराये जाने का आग्रह किया है

पंडित गोविन्द वल्लभ पंत भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और आधुनिक भारत के वास्तुकारों में से एक थे वे महात्मा गांधी जवाहर लाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल के अलावा भारत के स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन में भाग लेने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति थे मोहर्रम देशमर में आज यौमे आशुरा यानी मुहर्रम मज़हबी अकीकत के साथ मनाया जा रहा है यह दिन सत्य और न्याय की रक्षा के लिये करबला में पैगम्बर हज़रत मोहम्मद के नवासे हज़रत इमाम हसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है इस अवसर पर प्रदेशभर में ताजिए निकाले जा रहे हैं और मजलिसों का आयोजन किया गया है राजधानी भोपाल के साथ ही अन्य शहरों में कल शहादत की रात हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया गया शाजापुर सतना आगर मालवा सहित प्रदेश के अन्य जिलों से भी मोहर्रम के ताजिये निकाले जाने के समाचार मिले हैं मौसम प्रदेश में पिछले तीन दिनों से लगातार हो रही बारिश से नदी नालों में उफान के चलते अब तक आधा दर्जन से भी ज्यादा लोगों की मौत की खबर है केंद्र भोपाल ने आज राज्य के अधिकतर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है राजधानी भोपाल में भी बारिश रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है

रायसेन जिले का भी विभिन्न स्थानों पर नदियों और नालों के उफान पर होने से विदिशा और भोपाल से सड़क संपर्क ट्रटा हुआ है

जबलपुर जिले के ग्वारीघाट पर कल शाम नर्मदा में स्नान करते समय एक युवक ड्ब गया जिसकी तलाश जारी है इसी प्रकार सिवनी जिले में दो लोग बैनगंगा नदी में कार सहित बह गये उनके शव मिल गये हैं आगरमालवा जिले के ग्राम नरवल की आहू नदी के तेज बहाव में एक युवक बह गया सागर जिले में भी भारी बारिश के कारण निचली बस्तियों में जगह जगह पानी भरा हुआ है बाढ़ सिंधिया मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश में हो रही भारी बारिश को देखते प्रशासन को निचली बस्तियों और डूब प्रभावित ैक्षेत्रों में विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिये हैं उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्य में उत्पन्न बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों में मुस्तैदी से राहत कार्य चलाये जाने का आग्रह किया है श्री सिंधिया ने आज एक ट्वीट में कहा कि भारी बारिश की वजह से कई जान जाने की स्थिति विंताजनक है उन्होंने राज्य सरकार से निवेदन किया कि प्रभावित क्षेत्रों में पूरी मुस्तैदी से राहत बचाव कार्य चलाए जाएं जिससे समय रहते स्थिति पर काबू पाया जा सके

शिवपूरी जिले शासकीय कार्यालयों एवं संस्थाओं में कल पौधरोपण किया जायेगा इसके लिए कलेक्टर ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये हैं